गणतंत्र दिल्ली गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश का मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समारोह के मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करने से हुई

मुख्य समारोह राजधानी भोपाल के लालपरेड मैदान पर आयोजित हुआ जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने प्रदेश के विकास के लिये काम करने का आहवान किया स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई साथ ही लोक संस्कृति विभाग के कलाकारों ने भील जनजाति का मनमोहक भगोरिया लोकनृत्य प्रस्तुत किया

वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में राष्ट्रध्वज फहराया और परेड की सलामी ली इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को अस्थाई रोजगार देने के लिये युवा स्वाभिमान योजना लागू की जायेगी

उन्होंने कहा कि तेंद्रपत्ता सीजन से तेंद्रपत्ता मजदूरी और बोनस का नगद भुगतान होगा

उधर मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने जिला मुख्यालयों पर आयोजित किये गये जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने नरसिंहपुर में और विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने बालाघाट में झण्डावंदन किया ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय एस ए एफ ग्प्रउंड पर आयोजित समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली जबलपुर में उच्च न्यायालय परिसर में न्यायाधीश एसके सेठ ने ध्वजारोहण किया इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया वहीं खंडवा में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए धार में आयोजित प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार ने ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया शिवपुरी में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए उधर जनसंपर्क मंत्री पीसीशर्मा होशंगाबाद जिला मुख्यालय पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने अशोक नगर में ध्वजारोहण किया वहीं नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल झाबुआ में आयोजित गणतंत्र दिवस में शामिल हुए

नये साल में मन की बात का यह पहला प्रसारण है एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है उधर छतरपुर में मन की बात कार्यक्रम को डेरा पहाड़ी मंदिर के सभागार में सुना जायेगा कार्यक्रम में केन्द्रीय राज्यमंत्री वीरेन्द्र खटीक सहित जिले के जनप्रतिनिधि पार्टी पदाधिकारी और मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे भारत रत्न पुरस्कार पूर्व राष्ट्रंपति प्रणब मुखर्जी सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और गायक भुपेन हजारिका को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया जायेगा नानाजी देशमुख सतना जिले के चित्रकूट के हैं

नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि दबे कुचले लोगों के लिये नानाजी देशमुख ने विनम्रता करूणा और सेवा से उनका दिल जीत लिया था इसलिये वे सच्चे अर्थों में भारत रत्न के पात्र हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के बारे में श्री मोदी ने कहा कि श्री मुखर्जी हमारे समय के उत्कृष्ट राजनेता रहे और उन्होंने कई दशकों तक देश की निःस्वार्थ ओर निरन्तर सेवा की जिसका देश के विकास आयामों पर अमिट प्रभाव पड़ा

जिसमें प्रदेश से चार लोगों को पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला किया गया है इंदौर के नेत्र रोग डाक्टर पीएसहार्डिया झाबुआ के समाजसेवी महेश शर्मा टीकमगढ के साहित्यकार कैलाश मड़वैया और सतना जिले के किसान बाबूलाल दाहिया शामिल है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के चार लोगों को पदमश्री सम्मान मिलने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं

इनमें तीन को विशिष्ट सेवा के लिये और सत्रह को उत्कृष्ट सेवा के लिये राष्ट्रपति पदक दिया जायेगा एडीजी भोपाल सैय्यद मोहम्मद अफजल इंदौर के असिस्टेंट कमाण्डेंट राजेन्द्र सिंह भदोरिया और भोपाल के सुप्रिंटेंडेंट विवेक परांजपे को विशिष्ट सेवा पदक दिये जायेंगे मौसम प्रदेश में एक बार फिर से तापमान में गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है राजधानी भोपाल में दो दिन बाद कोहरे से राहत मिली और सुबह से ही धूप की आवाजाही के बाद भी ठंड बनी रही प्रदेश के कई हिस्सो में बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

रीवा शहडोल और जबलपुर संभागों के जिले तथा होशंगाबाद बैतूल जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है